कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पेश किया यह इस वर्ष मार्च में लाए गये अध्यादेश का स्थान लेगा और इसमें नियमों के उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रस्ताव है विधेयक में आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ तथा सेवाएं लक्षित समूहों तक पहुंचाने संबंधी अधिनियम दो हजार सोलह में संशोधन की व्यवस्था है और भारतीय टेलीग्राफ कानून अट्ठारह सौ पचासी तथा धनशोधन अधिनियम दो हजार दो में और संशोधन की भी व्यवस्था है विधेयक में यह प्रस्ताव भी है कि कोई भी बच्चा अट्ठाहर वर्ष का होने पर बायोमैट्रिक आईडी कार्यक्रम से बाहर रह सकेगा आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इस विधेयक से उच्चतम न्यायालय के पहले के फैसले का उल्लंघन होता है इन चिंताओं को निराधार बताते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि आधार राष्ट्रीय हित में है और यह किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करता गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने सदन में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पेश किया विधेयक में जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम दो हजार चार में और सुधार करने की बात है विधेयक में जम्मू में अंतरर्राष्ट्रीय सीमा से दस किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को रिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रस्ताव है यह विधेयक पहले पारित अध्यादेश का स्थान लेगा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विशेष आरक्षण संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस लोकसभा में पेश किया संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा हुई लोकसभा में प्रस्ताव केन्द्रीय राज्य मंत्री प्रताप चन्द्र सारंगी ने पेश किया उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की सफलता पर चर्चा की उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने मोदी सरकार पर भरोसा जताते हुए मतदान किया उन्होंने कहा कि देश के विकास में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करते हैं राष्ट्र निर्माण में केन्द्र और राज्य सभी भागीदार होते हैं हम प्रतिस्पर्धी नहीं हैं लेकिन अपने देश की विकासगाथा में एकसमान हितधारक हैं राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चर्चा की शुरूआत की संसद का वर्तमान सत्र छब्बीस जुलाई तक चलेगा राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय कार्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से शून्यकाल में और विशेष उल्लेख के रूप में सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर जवाब देने को कहा है सभापति ने जोर देकर कहा कि सदस्यों द्वारा उठाए गए मामले गंभीर प्रकृति के होते हैं और संबंधित मंत्रालय द्वारा उनका जवाब दिया जाना चाहिए केन्द्र सरकार ने देश के चार सौ छह जिलों में सीएनजी और पीएनजी उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है आज लोकसभा में प्रक प्रश्नों का उत्तर देते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि दो हजार चौदह तक देश के केवल छांछठ जिलों में सीएनजी और पीएनजी उपलब्ध कराई गई थी उन्होंने कहा कि सरकार अब अन्य शहरों तक इसका विस्तार कर रही है नई रिक्षा नीति के तहत केन्द्र सरकार सभी भारतीय भाषाओं को समान रूप से बढ़ावा देने के प्रति वचनबद्व है लोकसभा में पूरक प्रश्नो के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि सरकार सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाने के पूरे प्रयास कर रही है एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अन्य सदस्यों की आपत्ति का जवाब देते हुए श्री निशंक ने स्पष्ट किया कि नई शिक्षा नीति का मसौदा सार्वजनिक किया गया है ताकि लोग इस पर सुझाव दे सकें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 सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि इस तरह की मौतें पहले उत्तरप्रदेश में भी हो चुकी हैं न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब दाखिल करने को कहा है एक याचिका में इस बीमारी के पहले के केन्द्र उत्तरप्रदेश के गोरखपुर में दिमागी बुखार की रोकथाम के हरसंभव उपाय करने और प्राथमिक उपचार के लिए निर्देश देने की मांग की गई है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 बहुजन समाज पार्टी ने भविष्य में सभी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है कल लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने आज एक ट्वीट में कहा कि इस फैसले के पीछे हाल के लोकसभा चुनावों के बाद समाजवादी पार्टी का व्यवहार रहा है उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनकी पार्टी को लाभ मिलेगा